मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को लेकर आज समीक्षा बैठक की श्री सोरेन ने कोविड अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने का निर्देष दिया गिरिडीह के धनवार थाने के ए एस आई को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोएसीबी ने रिष्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया जिले में दस साइबर अपराधी भी पकड़े गये षिक्षामंत्री जगरनाथ महतो कल इंटर परीक्षा के तीनों संकायों का परिणाम जारी करेंगे राज्यभर में आज कोरोना संकमण के चौतीस नये मामले सामने आये हैं वहीं गोड़डा रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में एक एक कोरोना पॉजिटिव की आज मौत हो गयी

वहीं सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड में एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाये जान के बाद उनके परिवार के नौ अन्य सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाये गये इधर जामताड़ा जिले में भी तीन नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आठ दिनों तक होम क्वारंटीन रहने के बाद आज रांची स्थित झारखण्ड मंत्रालय मंत्रालय पहंचे मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय स्थित अपने कक्ष में कोरोना संकमण के फैलाव पर पर अंकृष को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की इधर कोरोना की रोकथाम के लिए विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा कई माध्यमों से राज्य सरकार को सहयोग करने का सिलसिला लगातार जारी है इस कड़ी में आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से लगभग तीन करोड़ अठ्ठाईस लाख रुपए का मेडिकल किट्स राज्य सरकार को प्रदान किया गया इन मेडिकल किट्स में बारह हजार सात सौ पी पी ई किट्स बीस हजार तीन सौ एन पंचानब्बे मास्क पांच ट्रू नेट मशीन और दो थर्मो फिशर आर एन ए एक्सट्रैक्टर मशीन शामिल है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अजीम प्रेम जी फाउंडेषन की ओर से उपलब्ध कराये गये मेडिकल संसाधनों की मदद से राज्य में अब और तीन हजार पांच सौ कोरोना जांच की क्षमता बढ़ गयी है थर्मो फिशर आर एन ए एक्सट्रैक्टर मशीन से हर दिन दो हजार सैंपल की जांच की जा सकेगी यह मशीन रांची के रिम्स और इटकी आरोग्यशाला में लगाई जा रही है वही ट्रनेट मशीन से प्रतिदिन एक हजार सैंपल की जांच की जाएगी राज्य में अब तक छियानब्बे पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाये गये है इनमें पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक स्तर के दो पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के छह अवर निरीक्षक स्तर के उन्नीस पदाधिकारी के अलावा ग्यारह हवलदार सैतालीस आरक्षी तीन चतुवर्गीय कर्मचारी और सात गृह रक्षक संक्रमित है इसके अलावा पांच पुलिस पदाधिकारी और कर्मी स्वस्थ हो चुके है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

शिक्षा मंत्री ने कल गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हए कहा कि कोरोना की कोई दवा जब तक नहीं बनती है तबतक सामाजिक दूरी का पालन करना मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना ही इसका समाधान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी आज गिरिडीह जिले के धनवार थाने के एक सहायक अवर निरीक्षक एएसआई को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया एसीबी के धनबाद एसपी कुमार रविशंकर ने बताया कि जिले के भालवाटांड गांव निवासी और षिकायतकर्त्ता छक्कन मियां ने ब्यूरो में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी कि धनवार थाने में पदस्थापित एएसआई शंभू कुमार ने मुकदमें की डायरी न्यायालय भेजने की एवज में उनसे तीन हजार पांच सौ रुपये रिश्वत की मांग की है मामले के सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने के प्रमाण मिले इसके बाद ब्यूरो ने पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया धनवार बाजार में एएसआई आज सुबह षिकायतकर्त्ता से जब रिश्वत के तौर पर तीन हजार पांच सौ रुपये ले रहा था तभी ब्यूरो टीम ने उन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गिरिडीह जिले मेंसाइबर थाना पुलिस ने आज दस अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु की गृप्त सुचना पर साइबर थाना पुलिस ने बेंगाबाद और गांडेय थाना इलाके से इन अपराधियो को गिरफ्तार किया है साइबर पुलिस उपाधीक्षक संदीप ने बताया कि ये लोग पंजाब के एक सीनियर पुलिस अधिकारी को बैंक अधिकारी बनकर ठगने का प्रयास कर चुके है

प्रदेष भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रांची रिथित राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्म से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा

भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद बताया कि गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दूबे को जमीन रजिस्ट्री प्रकरण में राजनीतिक साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है कोल्हान प्रमंडल के आयक्त के रूप में मनीष रंजन ने योगदान देने के साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी बताई हैं आयुक्त ने प्रमंडल क्षेत्र में वंचित वर्गो और आदिवासी समुदाय के लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कार्य करने को प्राथमिकता देने की बात कही है

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को वरीयता देने के लिए अपेक्षित उपाय करें सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भलीभांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी झारखंड उच्च न्यायालय में सत्रह जुलाई तक न्यायिक कार्य बाधित रहेगा इस संबंध में उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल ने एक पत्र जारी कर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएषन को सूचित कर दिया है उच्च न्यायालय के रजिस्टार से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान पहले की तरह ही सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीष के निर्देष और सहमति के बाद की जाएगी राज्य के षिक्षामंत्री जगरनाथ महतो कल इंटर परीक्षा के तीनों संकायों का परिणाम जारी करेंगे इस बार वैष्विक महामारी कोरोना संकमण के कारण इंटर परीक्षा के तीनों संकायों की कॉपियों के जांच में विलंब हुआ इधर दुमका में पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि गिरोह के सदस्य में मोटरसाइकिल और कार चोरी करते थे और फिर उनका नंबर बदल कर उसे दूसरे चोर गिरोह को बेच देते थे

उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में परिवहन विभाग ने आज विशेष जांच अभियान चलाकर पांच वाहनों को जब्त किया